प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत का कोविड टीकाकरण अभियान मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है उन्होंने कहा कि इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना टीका पहले उन लोगों को लगाया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में तीन करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा

प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में लगे वैज्ञानिकों की सराहना की उन्होंने कहा कि इतने कम समय में देश में दो टीके तैयार करना गर्व की बात है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बने टीके विदेशी टीकों से सस्ते हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं हैं श्री मोदी ने कहा कि टीके की दो खुराक देना जरूरी है और इन दोनों के बीच लगभग एक महीने का अंतर होना चाहिए टीके की दूसरी खुराक के दो सप्ताह बाद प्रतिरक्षक क्षमता विकसित हो जाएगी प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दिया उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पहली खुराक लेने के बाद मास्क का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने में लापरवाही न बरतें श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ कोविड महामारी से निपटा है महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों और संक्रमण के जोखिम की आशंका वाले अन्य कर्मचारियों के सामने आई मुश्किलों का जिक्र करते हुए वे काफी भावुक हो गए उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी से जिस तरह निपटा उसकी दुनियाभर में प्रशंसा हुई है गोड्डा जिले में टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में उद्यमिता को बढावा देने के लिए स्टार्टअप्स के विकास की एक हजार करोड रूपये की स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड योजना की घोषणा की स्टार्टअप्स इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारम्भ में स्टार्टअप्स के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि उद्यमियों के लिए शुरूआती दौर में पूंजी की आसान उपलब्धता होना बहुत जरूरी है

इनमें से पांच हजार सात सौ से अधिक आईटी क्षेत्र में और तीन हजार छह सौ से अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र में हैं प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्टार्टअप्स में देश का भविष्य बदलने की क्षमता है श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स में जो आत्मविश्वास है वह कभी कम नहीं होना चाहिए और हमेशा कायम रहना चाहिए उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं की ऊर्जा और अपना भविष्य स्वयं लिखने के जुनून से दुनियाभर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाले जन जागरूकता अभियान सक्षम का कल शुभारंभ किया यह देशव्यापी अभियान स्वच्छ ईंधन को अपनाने पर केंद्रित रहेगा यह उन सात प्राथमिकताओँ के बारे में जागरूकता फैलाएगा जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिक्र किया था इनमें गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना जीवाश्म ईंधन का स्वच्छ उपयोग करना जैव स्रोतों को चलाने के लिए घरेलू स्रोतों पर अधिक निर्भरता और इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग शामिल हैं जनजातीय मामलों के मंत्रालय को लगातार दूसरे वर्श स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया यह पुरस्कार इ गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए भिला है कैंबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअली यह पुरस्कार ग्रहण किया जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित अपने निवास स्थान पर प्रस्कार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में कई परिवर्तनकारी पहल की हैं पेपरलेस कार्यालय की ओर जाने वाली सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल किया गया है निगरानी डेटा संचालित है श्री मुंडा ने कहा कि हम साक्ष्य आधारित नीति निर्माण चाहते हैं जो यथार्थवादी होगी और जमीनी स्तर पर आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करेगी साथ हीपरिवर्तनों के लिए हम डिजिटल मार्ग को अपना रहे हैं जो पारदर्शिता और वितरण की गति सुनिश्चित करता है

एक सौ अंठावन संक्रमित स्वस्थ होकर घर भी लौटे

वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार दो सौ नवासी है अब तक एक हजार उनचास मरीजों की कोरोना संकमण से मृत्यू हो चुकी है राज्य में कोरोना संकमितों के स्वस्थ होने की दर अंठानवें द ामलव भाून्य चार प्रति ात है जो राश्ट्रीय औसत से ज्यादा है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या एक करोड़ एक लाख उन्यासी हजार से अधिक हो गई है

नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी दो के सुप्रीमो गणेश गंझू और उसके सहयोगी नरेश गंझू को पिपरवार पुलिस ने हथियार के साथ कल गिरफ्तार किया है पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टंडवा एसडीपीओ विकास पांडेय के नेतृत्व में गठित छापामारी दल में शामिल जवानों को यह सफलता हांथ लगी है नक्सलियों की गिरफ्तारी पिपरवार थाना क्षेत्र को लुकैया जंगल से हुई दोनों को पिस्टल और तीन कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया खूँटी जिले के भंडरा मारंगहादा रोड पर सेनेगुदू के समीप सड़क दुर्घटना में तीन मोटरसाइकिल की आपस में भिड़त हो गयी जिसमें चार लोग घायल हो गए घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आयी है ठंड की वजह से आमजन जीवन प्रभावित हुआ है कल राजधानी का न्यूनतम तापमान छह द ामलव तीन डिग्री सेलि ायस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिनों के बाद ही ठंड से राहत मिलने की संभावना है राज्य के दक्षिणी जिलों में न्यूनतम तापमान और एक से दो डिग्री सेलि ायस गिर सकता है

साहिबगंज जिले में शीतलहर की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है

रोहित शर्मा और शुभमन गिल कल आउट हो चुके थे

भारत के टीनटराजन शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने तीन तीन खिलाड़ियों को आउट किया

राज्य में प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने कोरोना टीकाकरण अभियान की भारुआत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है कोरोना के खात्मे की भारूआत झारखंड में मरियम गुड़िया को लगा पहला टीका

दैनिक जागरण ने भी टीकाकरण अभियान के भाुभारंभ की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है लिखा है कोराना योद्वाओं को टीके की संजीवनी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का किया भाुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बोले निर्णायक जीत हासिल करेंगे झारखंड में पहले दिन तीन हजार दो सौ लोगों को लगा वैक्सीन रांची एक्सप्रेस ने भी टीकाकरण अभियान के भाग्रभारंभ की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकार्त किया है अखबार की सुर्खी है कोरोना टीका देा के लिए वरदान साबित होगा अंग्रेजी अखबार द टाईम्स ऑफ इंडिया ने भी वि व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की भाुरूआत की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाप्रित किया है